बड़े राज्यों की श्रेणी में शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित

मण्डी जिला के बनाला में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग यातायात के लिए बहाल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित पीटर हॉफ से इस सिटी गैस वितरण प्रोजैक्ट का शुभारम्भ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटी गैस वितरण प्रोजैक्ट के तहत देशवासियों को सस्ती प्राकृतिक गैस वितरित की जाएगी उन्होंने कहा कि सीएनजी अन्य ईंधनों की तुलना में जहां सस्ती है वहीं ये गैस पर्यावरण मित्र भी है

इस बीच सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना के प्राकृतिक गैस वितरण सेवा से जुड़ने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये केन्द्र सरकार का आमजन के हित में उठाया गया बड़ा कदम है

मण्डल मिलन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार और संगठन में तालमेल से कार्य करने की जरूरत पर बल दिया है शिमला में आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मण्डल मिलन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के तालमेल से ही सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों को पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सकता है

जयराम ठाक्र ने विकास योजनाओं की निगरानी के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने पर बल दिया ताकि कमियों को अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके इस मौके भाजपा नेता डॉक्टर प्रमोद शर्मा सहित अन्य पार्टी नेता भी मौजूद रहे पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ स्टेटस कॉन्क्लेव में ये पुरस्कार शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को प्रदान किया सुरेश भारद्वाज ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक नई योजना अटल आदर्श आवासीय विद्यालय आरंभ की गई है ताकि विद्यार्थियों को नवीनतम सुविधाओं के साथ गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित बनाई जा सके

ये बात आज उन्होंने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरियाला के हलेड़ में जन समूहों को सम्बोधित करते हुए कही इस दौरान उन्होंने परिवहन निगम की बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बस सेवा शुरू हो जाने से इसका लाभ टक्का व कुरियाला पंचायतों के लोगों को मिलेगा वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि उना मंदली लठियाणी पुल की डीपीआर तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से उना व भोटा के बीच की दूरी कम होगी

उर्जा मंत्री ने कहा कि सौर उर्जा प्लांट को बिजली बोर्ड के ग्रिड से जोड़कर एक किलोवॉट से प्रतिदिन पांच दशमलव पांच यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में कसौली विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा ये बात उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नारायणी के क्यारूआ गांव में जनसमस्याएं सुनने के दौरान कही उन्होंने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा साथ ही बेहतर सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी

डॉक्टर सैजल ने इस अवसर पर जनसमस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इन समस्याओं को समय पर निपटाने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश भर में अहम स्थान हासिल किया है वे आज सोलन जिले के अर्की में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव के दौरान कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बोल रहे थे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने महिला संरक्षण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान पर बल दिया है और लड़कियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए सरकार ने कठोर कानून बनाए हैं लेकिन अभिभावकों को भी इसे रोकने के लिए आगे आना होगा मार्ग अवरूद्व मंडी जिले के बनाला में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग आज दोपहर बाद से यातायात लिए बहाल कर दिया गया है

उच्च मार्ग के बहाल होने से लोगों को राहत मिली है रेई पंचायत चंबा ज़िला की जनजातीय पांगी घाटी की रेई पंचायत के लोग सरकारी डिपो से राशन की आपूर्ति न होने से परेशान हैं स्थानीय निवासी लाल बहादुर शर्मा ने बताया कि पंचायत के लगभग डेढ़ सौ एपीएल परिवारों को लंबे समय से आटा नहीं मिल पा रहा है जिससे पंचायत के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने सरकार से मांग की है कि पंचायत में आटे की आपूर्ति जल्द सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिल सके

उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने बताया कि रोहतांग बहाली के बाद केवल लाहौल स्पिति आने जाने वाले यात्रियों और आपातकालीन वाहनों को ले जाने की ही अनुमति होगी कुल्लू में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने बताया कि मनाली रोहतांग मार्ग पर पर्यटक वाहनों को गुलाबा से आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आज जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत मंढोल नकराड़ी और शीलघाट में जनसभाओं को संबोधित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंढोल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन और खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे उन्होंने कहा कि पेयजल की आपूर्ति के लिए ब्रिक्स योजना के तहत ग्राम पंचायत मंढोल को भी जोड़ा जाएगा इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने उन्हें अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया स्वच्छता मूल्यांकन स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल्लू ज़िला की सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की वास्वविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए अभिकरण के कार्यकारी परियोजना अधिकारी बिमला ने कहा कि कुल्लू ज़िला में खुले में शौच मुक्त स्थिति को कायम रखने और स्वच्छता की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए ये मूल्यांकन किया जा रहा है